कोविड वैक्सीन पूरी तरह स्रक्षित है टीकाकरण के लिए आगे आएं अफवाहों पर विश्वास न करे यह भी याद रखना है कि बार बार हाथ धोना मास्क पहनना व दो गज की दूरी अभी भी जरूरी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से आहवान किया है कि वे जन औषधि केन्द्रों से मिलने वाली दवाओं को खरीदें

वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये आज जन औषधि दिवस के अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना से उन गरीब लोगों को विशेष रूप से राहत मिली है जिन्हे मंहगी दवाईयों को खरीदने में काफी पैसा खर्च करना पड़ता था उन्होंने कहा कि जन औषधि स्विधा सैनिटरी पैड़स केवल एक रूपये में विक्रय किया जा रहा है उन्होंने इस बात पर ख्शी जाहिर की कि जनऔषधि योजना लोगों को न केवल सस्ते दरों पर दवाईयां उपलब्ध करा रही है बल्कि इससे युवाओं को रोज़गार भी मिल रहा है और एक हजार से अधिक जन औषधि केन्द्रों को महिलाएं चल रही है

प्रधानमंत्री ने जन औषधि योजना से लाभ लेने वालों से बातचीत की और अहमदाबाद के राजू नामक लाभार्थी से आग्रह किया कि वो कोविड टीकाकरण केन्द्र में जरूरतमंदो की सहायता भी करे वहीं इरशाद ने बताया कि जन औषधि केन्द्र चलाने से उनकी आय तीन गुणा अधिक हो गई है जन औषधि दिवस पर आज इस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित भी किया गया

भारत कम समय में इतनी तेज़ी से दो करोड़ लोगों से अधिक को कोविड की टीका लगाने वाले देशों की सूची में शामिल हो चुका है

अंग्रिम पंकित में रहने वाले कर्मियों को दो फरवरी से कोविड का टीका लगाना श्रू किया गया था

संसद के बजट सत्र का दूसर भाग कल से श्रू होगा

सत्र के दौरान इस चरण का समापना आठ अप्रैल को होगा

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा है कि पवित्र ग्रंथ गीता के ज्ञान रूप प्रकाश से ही पूरे विश्व की शंकाएं और समस्यायें दूर होगी इस ज्ञान के प्रकाश को अपने जीवन में धारण करने के लिए पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों को अपनाना होगा मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल आज क्रूक्षेत्र में गीता ज्ञान संस्थानम केन्द्र में गीता संग्रहालय एवं म्यूजियम के प्रारंभिक चरण का उदघाटन करने के उपरान्त बोल रहे थे उन्होंने कहा कि इस पवित्र ग्रंथ गीता के ज्ञान रूपी प्रकाश से ही मानव का डर समाप्त होगा

इसके बावजूद किसानों की जरूरत के अन्सार मंडी बनाई जाएंगी

उन्होंने उम्मीद जताई कि पड़ोसी राज्य भी किसान हित में इस नीति को अपनाएंगे हरियाणा सरकार ने कल होने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को गरिमा पूर्ण ग से मनाने का निर्णय लिया है हरियाणा विधानसभा के चल रहे बजट सत्र का आठ मार्च की सदन की कार्यवाही का संचालन महिला सदस्यों द्वारा किया जायेगा

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पांच मार्च से आरंभ हये बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद ग्प्ता ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सदन संचालन के लिए महिला सदस्यों के नामों की घोषणा की जिनमे विधायिका सीमा त्रिखा नैना सिंह चौटाला निर्मल रानी चौधरी गीता भुक्कल व किरण चौधरी शामिल है इस सदन में अधिक से अधिक महिला सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जायेगा हरियाणा सरकार महिला सशक्तीकरण की दिशा में तत्परता से कार्य कर रही है इसी कड़ी में महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा टीम दवारा आयोजित कार्यक्रम का उदघाटन केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गूर्जर विधायक श्रीमती सीमा त्रिखा मेयर श्रीमती स्मन बाला दवारा किया गया इस अवसर पर जिला अध्यक्ष श्री गोपाल शर्मा भी मौजूद थे उधर प्लिस प्रवक्ता श्री आदर्शदीप सिंह ने बताया कि थाना एनआईटी प्रभारी इंसपेक्टर श्रीमती गीता दवारा महिलाओं को अपराधों के बारे में जागरूक किया गया